इनमें करीब दो लाख मुकदमों की सुनवाई होगी

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के सदस्य सचिव एस के जैन ने बताया कि इस लोक अदालत में न्यायालय में लम्बित सभी तरह के राजीनामा योग्य प्रकरणों और प्रीलिटीगेशन के मामलों की सुनवाई होगी उन्होंने बताया कि उच्च न्यायालय जोधपुर और जयपुर में नियमित लोक अदालत का आयोजन होगा

कल जयपुर में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के एस झवेरी और एम एन भण्डारी सहित राज्य के मुख्य सचिव डी बी गुप्ता की बैठक में ये सहमति बनी

ये परीक्षा दो दिनों तक दो पारियों में आयोजित की जायेंगी

राजस्थान रोडवेज ने भी परीक्षा को लेकर विषेष तैयारियां की हैं

परीक्षा में गडबडी का प्रयास करने वाले असामाजिक तत्वों के विरूद्व सतत् निगरानी रखी जा रही है सीकर से हमारे संवाददाता ने बताया कि कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिये नकल कराने वाले गिरोह के चार और सदयों को कल गिरफ्तार किया गया

हमारे झालावाड संवाददाता ने बताया कि शहीद की पार्थिव देह मौसम खराब होने के कारण शुक्रवार को झालावाड़ नहीं पहुंच सकी और हैलिकॉप्टर को वापस जयपुर जाना पड़ा जिला परिषद् झालावाड़ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नरेन्द्र कुमार वर्मा के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर में आतंकवादियो के हमले में शहीद हुए ग्राम लडानिया के पैराट्रपर मुक्ट बिहारी मीना को श्रद्वाजलि अर्पित करते हुए उनकी पांच माह की पुत्री आरू को जिला परिषद के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी एक दिवस का वेतन देंगे राज्यपाल श्री कल्याण सिंह ने श्री मुकट बिहारी की शहादत को नमन किया है

श्री राठौड कोटपूतली पहुंचेंगे जहां वे दांतली में आयोजित स्थानीय कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे केन्द्रीय रेल कोयला और वित्त मंत्री श्री पीयुष गोयल आज एक दिवसीय दौरे पर जयपुर पहुंचेंगे वे जयपुर में प्रदेश के व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ जीएसटी पर एक बैठक करेंगे बैठक में जीएसटी और राज्य के वाणिज्य कर विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे

जयपुर विद्युत वितरण निगम के प्रबंध निदेशक श्री ग्रप्ता विद्युत वितरण निगमों में कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य कर चुके है वे पहले भी जयपुर अजमेर और जोधपुर विद्युत वितरण निगम के प्रबंध निदेशक पद पर रहे है

महापौर अशोक लाहोटी की अध्यक्षता में हुई बैठक में कल ये निर्णय लिया गया उन्होंने बताया कि सौ करोड रूपये की राशि से सड़कों का निर्माण और मरम्मत कार्य होंगे